राज्य आपदा मोचक बल एसडीआरएफ और राष्ट्रीय आपदा मोचक बल एनडीआरएफ के साथ स्थानीय जिला प्रशासन को सक्रिय किया गया है

बाढ़ प्रभावित नीमच और मंदसौर जिलों में बचाव और राहत कार्य तेजी से किये जा रहे हैं

स्थानीय मौसम केन्द्र के मुताबिक आज हरदा होशंगाबाद रायसेन राजगढ़ और सीहोर जिले में कहीं कहीं अतिवर्षा हो सकती है

समर्थन मूल्य प्रदेश में खरीफ फसलों की समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए आज से पंजीयन शुरू हो गया है

खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री प्रद्यम्न सिंह तोमर ने किसानों से समय सीमा में पंजीयन कराने का अनुरोध किया है श्री तोमर ने बताया कि पंजीयन एमपी किसान एप ई उपार्जन मोबाईल एप और ई उपार्जन केन्द्रों पर कराया जा सकेगा खरीफ की फसलों में धान ज्वार तथा बाजरा के लिए पंजीयन किया जाएगा

पंजीयन की सूचना किसान को एसएमएस और उपार्जन पोर्टल से प्रिन्ट आउट से प्राप्त हो सकेगी नए किसान भी मोबाईल एप के माध्यम से पंजीयन करा सकेंगे

मध्यप्रदेश के साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस को लंबे समय से इनकी तलाश थी सतना से हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुलिस अधीक्षक रियाज इकबाल उत्तरप्रदेश सीमा से सटे हुए धारकुंडी इलाके में वीरपुर जंगल में गस्त पर थे तभी पुलिस की डकैत बबुली कोल गैंग से मुठभेड़ हो गई इस दौरान गोली लगने से बबुली और लवलेश मारे गए आईजी डीआईजी और एसपी पिछले कई दिनों से सतना में कैंप किए हुए थे हाल ही में डकैत बबुली कोल गैंग ने मध्य प्रदेश के हरसेड गांव से अवधेश नाम के किसान का अपहरण किया था जावडेकर सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि देश में बहुत से समाचार चैनल हैं लेकिन लोग विश्वसनीय समाचारों के लिए दूरदर्शन को देखते हैं उन्होंने कहा कि दूरदर्शन सनसनीखेज नहीं बल्कि सही समाचार देता है

हादसे से पहले ही इनको खाली करा लिया गया था जिसकी वजह से कोई जनहानी नहीं हुई